टीकाकरण के इस चरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैन और बेतवा नदी पर बांध बनाने में आ रहे अवरोधों को दूर कर लिया गया है नदियों को जोड़कर बांध बनाया जायेगा और बुन्देलखण्ड की भूमि को सिंचित किया जायेगा इसमें दमोह जिले की जमीन भी सिंचित होगी इस दौरान श्री चौहान ने किसानों से सीधा संवाद भी किया मुख्यमंत्री ने दमोह में आज मेडीकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी कार्यक्रम को केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में आने वाले तीनों जिलों में मेडीकल कॉलेज की सुविधा होगी पेंशन प्रकरण उच्च न्यायालय के ताजा निर्णय के संदर्भ में प्रदेश में अगले माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार कर लिया जाएगा ताकि पेंशन भुगतान में एक भी दिन का विलंब नहीं हो पेंशन प्रकरणों के सबंध में आने वाली कठिनाईयों के लिए संभागीय पेंशन अधिकारी व कोषालय से सम्पर्क किया जा सकता है सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण के समापन सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई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

इस मौके पर प्रदेश भर में भी आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस दौरान शोभायात्रायें निकाले जाने के साथ ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये गयें कटनी जिले में शोभा यात्रा निकाली गई वहीं खंडवा जिले में कोलगाँव छनेरा बीड़ सहित अनेक स्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया नीमच आगरमालवा अशोकनगर रायसेन सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी संत रविदास की जयंती मनाये जाने के समाचार मिले है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 इस मौके पर होशंगाबाद जिले में सेठानी घाट में महाआरती के साथ ही दीपदान किया जाएगा उपज योजना सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक जिला एक विशेष उपज योजना के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दे दिया है

इन उत्पादों में धान गेंह दलहन तिलहन सब्जियां मसाले फल शहद और प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं इन उत्पादों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना से सहयोग प्रदान किया जाएगा

जिले में बगैर अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम एवं मेलों का आयोजन नहीं होगा

नमस्कार